शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि देश सहित प्रदेश में भी कोरोना मामले बढ़ते जा रहे हैं और सरकार स्थिति पर नज़र रखे हुए है जयराम ठाकुर ने कहा कि मंदिरों में बढती श्रद्दालुओं की संख्या को रोकने के लिए सरकार ने एसओपी जारी की है जिससे कुछ परेशाानी जरूर होगी लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए ये आवश्यक था शपथ राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज राजभवन में अजय कुमार को राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई इसके अलावा राज्यपाल ने जय प्रकाश काल्टा को भी आयोग के सदस्य के रूप में शपथ दिलाई इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के अलावा नगर निगम महापौर सत्या कौंडल मुख्य सूचना आयुक्त नरेंद्र चौहान और अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे शपथ ग्रहण के बाद अजय कुमार ने कहा कि ये अपनी नई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा व ईमानदारी से निभाएंगे उन्होंने कहा कि परीक्षाओं में पारदर्शिता बनाए रखी जाएगी

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के लोक कलाकारों से बातचीत करते हुए बताया कि स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा को आकर्षक बनाने के लिए इसमें कलाकारों को भी शामिल किया जाएगा ये पहला मौका था जब प्रदेश की संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने राज्य क लोक कलाकरों से बातचीत की गोविंद ठाकुर शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि लोगों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं देना सरकार की प्राथमिकता है और इस दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहें है मनाली में आज रोगी कल्याण समिति की बैठक में उन्होंने कहा कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवांए मुहैया करवाई जा रही है

चुनाव नगर निगम नगर पंचायत और ग्राम पंचायतों में होने वाले चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज अंतिम दिन था इसके लिए सैंकड़ों प्रत्याशियों ने अपने पर्चे दखिल किए हैं

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में इस बार नगर निगम चुनाव पार्टी चिन्ह पर हो रहे है

इसके अलावा शिमला ज़िले के टुटू और चौपाल जबकि मंडी ज़िले के धर्मपुर ब्लॉक में पंचायत प्रधानों के चुनाव के लिए भी मतदान होगा

बरागटा प्रदेश की ग्राम पंचायतों में सड़क निर्माण पेयजल व सिंचाई योजनाएं युवक व महिला मंडल भवन खेल मैदान श्मशानघाट और वर्षा शालिकाओं का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा ने आज जुब्बल कोटखाई क्षेत्र की बरथाटा पंचायत में एक कार्यक्रम में ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि अप्रैल में होने वाली ग्राम सभा की पहली बैठक में बीपीएल सूचियों का आकलन कर पात्र लोगों को इनमें शामिल किया जाएगा